मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की

इससे उत्तर प्रदेश के दो करोड़ तेरह लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए

उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से एक लाख दस हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं जब से ये योजना शुरू हुई है तब से एक लाख दस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नैस है यही तो गुड गवर्नैस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है

कोई कमीशन नहीं कोई कट नहीं कोई हेराफेरी नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज ना हो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरीफिकेशन के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है

श्री मोदी ने कहा सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाएं हैं उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की एक हजार से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौडे भाषण दे रहे हैं उन्होंने तब कुछ नहीं किया जब वे खुद सत्ता में थे

श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत को आगे आएं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारो वाजपेयी की जयन्ती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना प्रसार मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी महान दूरदर्शी नेता थे

इसके बाद लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल जो ने पहला प्रयास किया था उन्होंने कहा कि पीडीएस अन्त्योदय और अन्नपूर्णा योजना अटल जी की देन है इसके अंतगत गरीबों को सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के प्रयासों से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया और आज इन सड़कों की वजह से किसान अपनी उपज को मंडी और बाजार तक ले जा सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से डेढ़ गुना अधिक दाम दिलाया है उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रदेश में बीस नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गये हैं यह केन्द्र किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ साथ खेती के विविधीकरण की दिशा में एक बड़ी भूमिका का निवहन कर रहे हैं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

प्रदेश में आज सुशासन दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर किसान गोष्ठियों और किसान मेलों का आयोजन किया गया जिसमें कई केन्द्रीय मंत्री प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपना कर उदाहरण पेश कर रहे हैं महाराजगंज जिले के किसान रामगुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला

बरेली में आयोजित किसान गोष्ठी में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का निराकरण किया रायबरेली में उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा किसान गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद गांवों में किसानों के लिए बिजली पानी खाद और बीज की व्यवस्था की गई है

उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं क्रिसमस का त्योहार आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश के गिरजाघरों में कल मध्य रात्रि के बाद से ही प्रार्थना सभाएं शुरू हो गई थीं ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं प्रार्थना सभाओं में शामिल होने के लिए आज गिरजाघरों में एक बार में दो सौ लोगों को ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विशेष कर ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि क्रिसमस का पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है

उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढावा दिया

प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि पंडित मालवोय ने सामाजिक सुधार और राष्ट्र की सेवा में अपना प्रा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने कहा कि देश के लिए पंडित मालवीय का योगदान आगे की पीढियों को प्रेरित करता रहेगा